मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है सुनिश्चित प्रदेश के चारों सांसदों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने अपने संसदीय क्षेत्रों के लिए जारी की सहायता राशि

इस दौरान सभी सड़क रेल और विमान सेवाए बंद रहेंगी लेकिन देशभर में आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए मालवाहक वाहनों का आवागमन जारी रहेगा दवा की दुकान पेट्रोल पम्प किराना दूध और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी आवश्यक सेवाओं को पूर्णबंदी से छूट दी गई है

कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान घर से बाहर निकलने पर कडा प्रतिबंध रहेगा

प्रधानमंत्री ने माना कि इस निर्णय की आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी लेकिन लोगों का जीवन बचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है प्रधानमत्री ने जोर देकर कहा कि कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने का सख्ती से पालन करना होगा क्छ लोग इस गलतफहमी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए बीमार लोगों के लिए आवश्यक है ये सोचना सही नहींए सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिएए हर परिवार के लिएए परिवार के हर सदस्य के लिए हैए प्रधानमंत्री के लिए भी है क्छ लोगों की लापरवाहीए क्छ लोगों की गलत सोच आपकोए आपके बच्चों कोए आपके मातापिता कोए आपके परिवार कोए आपके दोस्तों को और आगे चलकर पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की कमी को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है आवश्यक वस्तुएं इस बीच केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऐसा किया जा रहा है गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी पत्र में कहा है कि यह आवश्यक है कि निर्माण प्रक्रिया परिवहन वितरण संग्रह और लॉजिस्टिक्स संबंधित सभी सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें

पत्र में लिखा गया है कि नागरिकों के लिए आपूर्ति निर्बाध बनाई रखी जानी चाहिए

लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि राज्य के बाहर से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा न आए उन्होंने कहा कि इसके लिए आपूर्ति लाईन के पूरक के लिए कदम उठाए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राशन दालों और खाद्य तेल का पर्याप्त भंडारण है इसके अलावा दूध व ब्रैड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो उपभोक्ता की सुविधा और भीड़ भाड़ से बचाव के लिए दूध संग्रह केंद्रों की स्थापना की जाएगी उन्होंने कहा कि घुमंतु गद्दी व गुज्जरों और उनके झुंडों को प्रतिबंधित न करके उनकी सुरक्षा के लिए सभी निवारक उपाय किए जाने चाहिए कर्फ्यू ढील प्रदेश में लगाए गए कर्फ्यू के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी के लिए हर दिन दुकानें कुछ समय के लिए खोली जाएंगी

ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस दौरान लोग अपनी नजदीकी दुकानों पर जरूरी जरूरी समान खरीद सकते हैं

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सांसदों द्वारा दी गई सहायता राशि को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक बड़ा कदम बताया है

नवरात्र चन्द्र नववर्ष और नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रकोप के कारण उत्साह फीका नजर आ रहा है चैत्र नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष भी आज से शुरू हो गया इस बार यह पहली बार हो रहा है जब नवरात्रि के अवसर पर माता वैष्णो देवी मंदिर बंद है इधर प्रदेश में सभी शक्तिपीठों सहित विभिन्न मंदिर भी बंद हैं और नवरात्रों के अवसर पर लोग घरों में ही मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं रक्तदान अपील मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए आगे आने की अपील की है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने रक्तदान शिविर लगाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है

संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से संबंधित सावधानियां बरतते हुए रक्तदान शिविर लगाने की अनुमति दी है मिल्क फैडरेशन प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान मिल्क फैडरेशन लोगों तक सुरक्षित दूध पहुंचाएगा फैडरेशन के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा ने आज शिमला में बताया कि प्रदेश में दूध की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को दूध की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं निहाल चंद ने कहा कि इस दौरान सैनिटाईजेशन और हाईजीन का भी ध्यान रखने को कहा गया है उन्होंने कहा कि दुग्ध प्रसंग आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बिस्किट पंजीरी और मिल्क पाउडर की आपूर्ति जारी रखेगा

खुशहाल शर्मा ने बताया कर्फ्यू के चलते सभी जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं और पुलिस की टुकड़ियां हालात का जायजा ले रही है उड़ान चंबा हैलीपेड से आज जनजातीय क्षेत्र पांगी के लिए हेलीकॉप्टर की तीन उड़ाने करवाई गई

पांगी के तहसीलदार प्रवीण शर्मा ने बताया कि जो बच्चे चंबा में रह गये हैं उनके लिए कल हैलीकॉप्टर की उड़ाने कराई जाएंगी इस बीच पांगी की पुर्थी पंचायत के वार्ड पंच देवराज राणा ने प्रदेश के अन्य स्थानों पर फंसे विद्यार्थियों को भी हैलीकॉप्टर के माध्यम से घाटी तक पहुंचाने का सरकार से आग्रह किया है

इसके मद्देनज़र हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रावासों का अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए हैं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 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे नये कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें अगर किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार महसूस हो तो उसे तत्काल अपने को अन्य लोगों से अलग कर लेना है लोगों को परामर्श दिया जाता है कि बिना हाथ धोये अपने आंख नाक और मुंह को स्पर्श न करें स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश है कि बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना जरूरी है अल्कोहल मिश्रित पदार्थ सैनेटाइजर से भी हाथ साफ रखे जा सकते हैं खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह पर रूमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर को बंद कूड़ेदान में फेंकना जरूरी है